सबसे अधिक पटना और समस्तीपुर में छह छह लोगों की जान गयी

अब तक दस हजार तीन सौ तिरानवे लोग हो चुके हैं संक्रमित

चौदह ज़ुलाई तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी प्रदेश में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में आज कम से कम तैंतीस लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झूलस गये हमारे संवाददाता ने बताया कि समस्तीपुर जिले में चार बच्चों सहित छह लोगों की मृत्यु हो गयी वहीं पटना के बिहटा में छह प्रर्वी चंपारण जिले में चार शिवहर और कटिहार में तीन तीन मधेपुरा में दो और पश्चिम चंपारण तथा पूर्णिया में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है मृतकों की संख्या में और बढ़ोतरी की आशंका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन को उन्हें तत्काल चार चार लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने गया जिले के बांके बाजार इमामगंज औरंगाबाद के देव और कैमूर जिले के अघौरा में वज्रपात की चेतावनी जारी की है विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खूले में नहीं निकलने की अपील की है इधर उत्तर पश्चिम और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई जिलों में आज सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी सुपौल मधेपुरा सहरसा पूर्णिया भागलपुर समस्तीपुर और वैशाली जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है इधर प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सबसे अधिक अंठावन मिलीमीटर बारिश शिवहर में रिकार्ड की गयी

नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी महानंदा गंडक बागमती और परमान नदी का जलस्तर अब भी कई स्थानों खतरे के निशान से ऊपर या इसके आसपास बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर रिकार्ड किया गया महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झौवा में लाल निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं किशनगंज में नदी के जलस्तर में कमी आयी है गंडक नदी अब भी गोपालगंज के ड्मरिया घाट और मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में खतरे के निशान के आसपास बह रही है वहीं अररिया जिले के कई क्षेत्र परमान नदी में उफान के कारण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेंगब्रिज और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है वहीं कमला बलान मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान के आसपास बह रही है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक सौ अठासी नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार तीन सौ तिरानवे हो गयी है नये मामलों में सबसे अधिक तिरसठ पटना से मिले हैं इनमें से पचपन मामलों की पटना सिटी इलाके से प्रष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर से उनतालीस औरंगाबाद से सत्रह नवादा से तेरह पश्चिम चंपारण से ग्यारह नालंदा मधुबनी और भागलपुर से सात सात रोहतास से चार और अरवल गोपालगंज तथा शेखपुरा से तीन तीन मामले मिले हैं इसके अलावा सुपौल और गया से दो दो कैमूर किशनगंज मधेपुरा मुंगेर भोजपुर और शिवहर से एक एक मामले की पुष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर अठहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि रोहतास पटना किशनगंज मुजफ्फरपुर और भोजपुर में एक एक मरीज की मौत हुई है उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में एक सौ तिरासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक सात हजार नौ सौ चौरानवे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर लगभग सतहत्तर प्रतिशत है इधर देश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर छह लाख चार हजार से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह हजार आठ सौ इक्यासी लोगों में इस महामारी की पुष्टि हुई है वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर सत्रह हजार आठ सौ चौंतीस हो गयी है जबकि तीन लाख उनसठ हजार आठ सौ साठ रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं अररिया से राजद विधायक शाहनवाज आलम कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गए हैं इससे पहले मंत्री समेत दो विधायकों में भी संक्रमण की प्रष्टि हो चुकी है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कोविड उन्नीस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जन प्रतिनिधियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है उन्होंने विधायकों को आम लोगों से मिलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य एहतियात बरतने को कहा है जन प्रतिनिधियों को हिदायत दी गयी है कि वे संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें जानी मानी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाला ने कहा है कि कोविड के बारे में अप्रमाणिक जानकारियों ने लोगों में तरह तरह की चिंताए और गलतफहमियां पैदा कर दी है उन्होंने कहा कि लोगों को केवल प्रामाणिक सूचनाओं पर ही विश्वास करना चाहिए

क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉरमेशन नहीं है कि यह कैसे फैलता है ऑटोमेटिकली उस परसन के अगेन्स्ट उस बीमारी के अगेन्स्ट स्टिग्मा जेनरेट हो जाता है तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉरमेशन मिले हम चीजों को सही मायने में समझें अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजेटिव होते हैं हमें समझ में आता है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाये अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको यह बीमारी हुई है एक कम्पेशन काइंडनेस जेनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड के देवघर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन पर इस वर्ष रोक लगा दी गयी है झारखंड सरकार के आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में श्रद्धालुओं के लिये मंदिर खोलना उचित नहीं है इधर बिहार सरकार ने भी राज्य भर में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले पर रोक लगाने का फैसला किया है सभी शिव मंदिर चार अगस्त तक बंद रहेंगे बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने बताया कि मेले में लाखों श्रद्धालुओं की जुटने वाली भीड़ को देखते हुए यह फैसला किया गया है उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर ही श्रावणी पूजा करने का आग्रह किया है इससे पहले सरकार ने कृछ शर्तों के साथ सावन के महीने में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत द्वारा चीन की ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए कहा है कि यह चीन पर डिजिटल आक्रमण है एक बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया साउंड बाईट भारत आत्मनिर्मर तमी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की रक्षा करेगा आजकल दो ही चीज चल रहा है एक है कोरोना और दूसरा है चाइना भारत शांति में विश्वास करता है भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है भारत वसुधैव कुट्म्बकम में विश्वास रखता है लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर कोई भारत के साथ आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिलाकर भी जवाब देना जनता है हमने सदो के साथ दोस्ती का राथ बढ़ाया लेकिन अगर चीन के लोगो ने लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिक की जो लाइन ऑफ एक्व्यूअल कन्ट्रोल है जो एल ओ सी है तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त कंपनियां भी शामिल होंगी श्री गडकरी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश न कर पायें उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही जारी की जायेगी और भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं के प्रावधानों में छूट दी जायेगी राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जारी रहेगी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने चार सितम्बर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगायी है न कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लगायी गयी है अपने फेसबुक पेज पर ये जानकारी देते हुए उन्होंने अभ्यर्थियों से किसी दुविधा में नहीं रहते हुए चौदह जुलाई तक आवेदन समर्पित करने को कहा

राज्य सरकार ने राशन कार्ड में गड़बड़ी की शिकायत को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में शामिल कर लिया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी इस संबंध में कैबिनेट के अध्यादेश को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है अब राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा के अंदर निपटारा हो सकेगा वहीं कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में छह सौ इकतालीस स्थायी पदों के सुजन को भी मंजूरी दी है खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलो के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में दस करोड़ गरीब लोगों के बीच मुफ्त राशन का वितरण किया गया है श्री सहनी ने आज दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इससे लॉकडाउन की अवधि में गरीबों को काफी फायदा हुआ है जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन के बारे में सुझाव देने के लिए केन्द्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक इस समिति में शामिल हैं इस समिति से कल तक रिपोर्ट देने को कहा गया है कोविड महामारी को देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठती रही है केन्द्र सरकार ने प्रत्येक नागरिक को दो हजार रुपये की सहायता राशि दिये जाने से संबंधित व्हाट्सएप मैसज का खंडन किया है पी आई बी ने एक ट्वीट में इस वाट्सअप मैसज को फर्जी बताया है उसने व्हाट्सएप मैसज में दिये गये वेबसाइट के पते को भी गलत बताया है और लोगों की इससे सावधान रहने की सलाह दी है मुंगेर जिले में पुलिस ने पांच घंटे की मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी मदन चौधरी को गिरफ्तार किया है मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं आरोपी से दो देशी पिस्तौल और पंद्रह कारतूस जब्त किये गये हैं वैशाली जिले के हाजीपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिये पटना से गयी पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया जिसमें पुलिस की दो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी और दो पुलिस कर्मियों को हल्की चोट आयी हैं गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत लछवार गांव के पास अपराधियों ने शिक्षा विभाग के एक लिपिक की गोली मारकर हत्या कर दी भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी तूफानी यादव को गिरफ्तार किया है

सबसे अधिक पटना और समस्तीपुर में छह छह लोगों की जान गयी

अब तक दस हजार तीन सौ तिरानवे लोग हो चुके हैं संक्रमित

चौदह जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी